प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ ने कहा है कि सरकार उर्वरक क्षेत्र में व्यापार को सरल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि सही अर्थो में इसे आत्म निर्भर बनाया जा सके

देश में उर्वरकों के लिए सप्लाई नेटवर्क को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि समुद्री जहाजों के माध्यम से आपूर्ति को भी प्रोत्साहित किया गया है इसके लिए माल भाड़े पर सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए नीति का घोषणा की है

सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि ये मामले काला पिंजौर नानकपुर रामगढ सैनपुर और रायपुररानी से संबंधित हैं इनमें से चण्डीगढ से जुड़े एक मामले की जानकारी चण्डीगढ प्रशासन को दी गई है

सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है

उधर चण्डीगढ के बीजेपी प्रधान अरूण सूद की धर्मपत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं जबकि उनकी और उनके पारिवारिक सदस्यों की रिपोर्ट नैगेटिव आई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे

आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालचय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जायेगा

करनाल स्थित मध्बन में हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल के वच्छेर स्टेडियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण पूरा होने पर बधाई व ड्यूटी पर पहल कदम रखने पर शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है

यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जायेगा इसके लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति ले ली गई है सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा अब लोकनिर्माण विभाग को दिया जायेगा ताकि इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़को में किया जा सके

कृषि मंत्री ने स्वरोजगार अपनाने के तहत मछली पालन मशरूम उत्पादन दुग्ध उत्पादन व बागवानी अपनाने की युवाओं से अपील की कृषि मंत्री ने कहा कि अब फसल बीमा लेने के लिए किसान बाध्य नहीं है हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अध्ययादेश लाकर फसल को खुली मंडी में बेचने का विकल्प दिया है इससे किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने में ट्रैक्टर ट्रॉली रेहड़ी लगाकर बेचने का मौका मिलेगा तथा किसान अपनी फसल के खुली मंडी में ऊंचे से ऊंचे दाम ले सकेंगा भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए नया अध्ययादेश आने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल लागू रहेगा बल्कि समय समय पर पहले की तर्ज पर बढता भी रहेगा